कहा मास्क पहनना और दो गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्थान और हरियाणा में चलाया जा रहा है व्यापक अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्वाओं के बल पर पूरी द्रढ़ता से कोविड नाइन्टीन से लड़ रहा है श्री मोदी कल परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन के नब्बेवे जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आर्योजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस साल की शुरूआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा लेकिन लॅकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ रही है और यह न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है श्री मोदी ने कहा कि पिछले कृछ हफ्तों में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्प कालिक और दीर्घ कालिक विषयों पर विचार किया है उन्होंने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक और खेतों से कारखानों तक जन हित और विकास के अनुरूप निर्णय लिए गए हैं

उन्होंने कोरोना डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए जिससे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह छाछठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज ऑन ए आई आर डाट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोंगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच वक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौघे लगाकर देश के औषधीय पौघों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोघ किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष दो हजार बीस की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कल लखनऊ में इन नतीजों की घोषणा की शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में एक एक लाख रुपये और लैपटॉप देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया और लॉकडाउन के बावजूद भी समय पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की है

हमारे लिये संतोष का विषय यह है कि इस बार छिर से बालिकाओं ने ज्यादा स्थान प्राप्त किया ज्यादा सफलता प्राप्त की है

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रदेश में केन्द्र और यूपी सरकार के समन्वय से लोगों की प्रत्येक स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा किया जायेगा श्रीमती ईरानी ने कल भाजपा के नई दिल्ली कार्यालय से वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के सेनानियों को आज मैं अपने संगठन के माध्यम से और अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करती हूं उन्होंने डॉक्टर्स नर्स आशा वर्कस आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवाओं के लिये उनका अभिनन्दन किया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिये उठाये गये कदमों की सराहना की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जनपद में समीक्षा बैठक की तथा संयुक्त अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को गृणक्तापूर्ण कार्य कराने और अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त द्रुस्त रखने का निर्देश दिया केन्द्रीय क्रषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्थान और हरियाणा में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डी दल पर इन राज्यों के कृषि विभाग स्थानीय प्रशासन और केन्द्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान के झुनझुनु में छब्बीस जून को टिड्डियों का दल देखा गया था जिसके बाद इन्हें खत्म करने के लिए वहां नियंत्रण टीम तैनात की गई थी यहां से बची हुई टिंडियां आपस में मिलकर तीन अलग अलग समूहों में उत्तर प्रदेश दिल्ली के द्वारका हरियाणा के ग्रूग्राम फरीदाबाद और पलवल की ओर निकल गई

उन्होंने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि इन वीडियो में कोरोना संक्रमण से बचने के बारे में तथा इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया जायेगा सौ सबसे अच्छे वीडियो को दस हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा